राज्य में आगामी एक नवम्बर से नई उद्योग नीति लागू की जाएगी

दंतेवाड़ा उप चुनाव दंतेवाड़ा विधानसभा उप चुनाव के लिए आज शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो गया सुबह सात बजे से शुरू होकर दोपहर तीन बजे तक चले मतदान के दौरान तिरपन फीसदी से कुछ अधिक वोट पड़े आज दो सौ तिहत्तर पोलिंग ब्थों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोट डाले गए मतदान संपन्न होने के साथ ही नौ प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है यहां से भाजपा ने ओजस्वी मंडावी को तो वहीं कांग्रेस ने देवती कर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है इस उप चुनाव के लिए सत्ताईस सितंबर को मतगणना होगी और इसी दिन परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी हमारे संवाददाता के अनुसार माओवाद प्रभावित इस क्षेत्र में लोगों ने उत्साह के साथ वोट डाला कई आदिवासी मतदाता उफनती इंद्रॉवती नदी को मोटर बोट से पार कर मतदान करने पहुंचे

मतदान के दौरान सुरक्षा बलों ने कटेकल्याण इलाके में परचेली रोड पर माओवादियों द्वारा लगाया गया आईईडी बरामद किया जिसे बाद में निष्क्रिय कर दिया गया पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने शांतिपूर्ण ढंग से यह उप चुनाव होने का श्रेय सीआरपीएफ आईटीबीपी और डीआरजी के जवानों को दिया है उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार इस क्षेत्र में कोई उप चुनाव बगैर किसी घटना के संपन्न हआ है

इसी के साथ आज से ही नामांकन दाखिले की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है इस उप चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि तीस सितंबर है आगामी एक अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और तीन अक्टूबर तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे चित्रकोट उप चनाव के लिए इक्कीस अक्टबर को मतदान होगा वहीं मतों की गिनती और चुनाव परिणाम की घोषणा चौबीस अक्टूबर को की जाएगी मुख्यमंत्री रेल परियोजना समीक्षा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में प्रस्तावित रेल परियोजनाओं के साथ ही कोल ब्लॉक को विकसित करने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान और रोजगार के अवसरों को लेकर सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ रेल परियोजनाओं और यात्री सुविधाओं की आज समीक्षा की उन्होंने मुख्य सचिव को प्रस्तावित रेल परियोजनाओं और कोल ब्लॉक विकसित करने से पहले इसका जन जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों और राज्य के लोगों को होने वाले फायदों के लिए आगामी पंद्रह दिनों में अधिकारियों की टीम बनाकर सर्वेक्षण करने को कहा मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे छत्तीसगढ़ के हितों का ध्यान रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल प्रदेश के विकास और स्थानीय लोगों के हित में सुनिश्चित करें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के लागू होने के एक वर्ष पूरा होने पर आज देशभर में आयुष्मान भारत दिवस मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि आयुष्मान भारत केवल एक स्वास्थ्य देखभाल योजना ही नहीं है बल्कि यह उन पचास करोड से अधिक भारतीयों के लिए उम्मीद की किरण है जो जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हैं

आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी राजेश तोप्पा उर्फ अजीत पर पांच लाख रूपये का इनाम घोषित था यह मलाजखंड एरिया कमेटी का सक्रिय सदस्य था और इस पर चार बड़ी माओवादी घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है राजेश तोप्ता ने दूर्ग रेंज के आईजी हिमांशु गुप्ता के समक्ष समर्पण किया उसे राज्य सरकार द्वारा घोषित पुनर्वास नीति के तहत दस हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि दी गई दूसरी ओर सुकमा जिले में माओवादियों ने एक युवक की हत्या कर दी है यह घटना डब्बाकोंटा गांव की है जिले के पुलिस अधीक्षक शलम सिन्हा ने इस घटना की पुष्टि की है

यह उद्योग नीति वर्ष दो हजार चौबीस तक प्रभावी रहेगी इस सिलसिले में आज मंत्रालय में मुख्य सचिव सुनील कुजूर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया मुख्य सचिव ने निर्देशित किया है कि इस सप्ताह के अंत तक समी विमागो को नई उद्योग नीति का प्राथमिक प्रारूप उपलब्ध करा दिया जाए उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों से कहा है कि अगले सप्ताह तक प्रारूप में आवश्यक संशोधन और सुझाव करके अपने प्रस्ताव उद्योग विभाग में प्रस्तुत कर दें छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में औद्योगिक नीति दो हजार चौदह दो हजार उन्नीस लागू है यह औद्योगिक नीति इकतीस अक्टबर दो हजार उन्नीस तक प्रभावी रहेगी एमओय् राज्य में सीमेंट और फेब्रिकेटेड स्टील उत्पाद तैयार करने की दो परियोजनाएं लगाई जाएंगी करीब दो हजार करोड़ रूपए की इन परियोजनाओं के लिए आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में राज्य सरकार और दो कंपनियों के बीच एमओयू हुआ इन परियोजनाओं के पूरा होने से करीब साढ़े पांच सौ लोगों को रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद है राष्ट्रीय सेवा योजना राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आज से राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है दो दिवसीय इस सम्मेलन में प्रदेश के करीब डेढ़ हजार विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं इस कार्यक्रम में विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएं होंगी जिनमें रूमाल झपट्टा खो खो रस्साकसी और लंगडी दौड़ जैसे ग्रामीण खेलों को प्रमुखता से शामिल किया गया है आज सांस्कृतिक संध्या में प्रतिभागी रंगारंग सांस्कृ तिक कार्यक्रम भी पेश करेंगे सम्मेलन के अंतिम दिन कल मुख्य सम्मान समारोह और प्रस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बधेल मौजूद रहेंगे सम्मेलन में राज्य स्तर पर चयनित चार स्वयंसेवकों दो कार्यक्रम अधिकारी और एक संस्था को पुरस्कृत किया जाएगा वहीं इस वर्ष राष्ट्रीय सेवा योजना के राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए भी राज्य के दो युवा प्रियंका बिस्सा और सिमरदीप स्याल का चयन किया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में इन युवाओं को पुरस्कृत करेंगे पीडी खेडा निधन बिलासपुर के अचानकमार इलाके में आदिवासियों के हित में दशकों से काम कर रहे दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर पीडी खेड़ा का आज निधन हो गया डॉक्टर खेड़ा लंबे समय से बीमार थे और उनका बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में इलाज चल रहा था गौरतलब है कि डॉक्टर खेड़ा बीते पच्चीस वर्ष से अधिक समय से अचानकमार के आदिवासी क्षेत्र में बच्चों को शिक्षा दे रहे थे गांधीवादी विचारक डॉक्टर खेड़ा अपनी पेंशन राशि से बैगा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराते थे वे पहले नई दिल्ली की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे बाद में वर्ष उन्नीस सौ पचयासी से वे आदिवासी बच्चों की जीवनशैली बदलने के लिए अचानकमार में आकर बस गए डॉक्टर खैरा वनग्राम लमनी में आदिवासियों की तरह ही झोपडी में रहते थे उनके निधन पर राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुख व्यक्त किया है पीआईबी प्रशिक्षण सम्मेलन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा असंगठित क्षेत्र के उद्यमों का प्रथम वार्षिक सर्वेक्षण आगामी एक अक्टूबर से शुरू किया जाएगा यह सर्वेक्षण छत्तीसगढ़ में अगले वर्ष इकतीस मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा एनएसओ द्वारा पहली बार वार्षिक आधार पर कराए जा रहे इस सर्वेक्षण से असंगठित क्षेत्र में विनिर्माण व्यापार और सेवाओं में कार्यरत उद्यमियों की आर्थिक स्थिति की जानकारी ली जाएगी इसके अलावा गैर कृषि उद्यमों का परिचालानात्मक और आर्थिक विवरण भी लिया जाएगा इस सर्वेक्षण के लिए आज से रायपुर में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सम्मेलन शुरू हुआ इसका शुभारंभ पत्र सूचना कार्यालय के अपर महानिदेशक एस ँ पनतोड़े ने किया इस मौके पर श्री पनतोड़ ने कहा कि ॅ सर्वेक्षण में डिजिटल तकनीक के उपयोग से रियल टाइम डाटा उपलब्ध होगा जिससे योजना और नीति निर्धारण के लिए ताजा जानकारी उपलब्ध होगी संक्षिप्त समाचार संबलपुर रेलमंडल में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य की वजह से कल से चार अक्टूबर तक कुछ ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होगा इस दौरान बिलासपुर टिटलागढ़ और रायपुर टिटलागढ़ के बीच चलने वाली दोनों ओर की पैसेंजर ट्रेन रद्द रहेगी राजनांदगांव जिले के गंडई को तहसील बनाया जाएगा यह घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गंडई में आयोजित चिल्हीडार महापर्व और बेटा जौतिया महावत समारोह में की कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के साथ पड़ोसी राज्यों से भी गोंड आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायपुर स्थित निवास में आगामी पच्चीस सितंबर बुधवार को आयोजित होने वाला जनचौपाल भेंट मुलाकात का कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है